प्रचार अभियान प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान धीरे धीरे तेज होने लगा है भाजपा ने चारों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करने के बाद प्रचार शुरू कर दिया है इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कसुम्पटी मण्डल के जुन्गा में होने वाले महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसी तरह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बिलासपुर सदर और भोरंज मंडल में युवा मोर्चा सम्मेलनों में शामिल रहेंगे मण्डी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा आज संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लोगों से मिलकर प्रचार करेंगे शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप कसुम्पटी मण्डल में महिला मोर्चा सम्मेलन और ठियोग मण्डल में होने वाले अनुसूचित मोर्चा जाति सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे दूसरी तरह प्रदेश कांग्रेस ने अभी दो लोकसभा सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों का एलान किया है जबकि दो सीटों पर अभी मंथन चल रहा है इसी वजह से पार्टी का प्रचार अभियान भी अभी धीमी गति से चल रहा है गोविंद बिंदल इस बीच भाजपा नेता गोविंद ठाकुर ने कल मनाली विधानसभा क्षेत्र के सरसई और नग्गर में कार्यक्रम आयोजित कर केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

उधर भाजपा नेता राजीव बिंदल ने बिक्रमबाग और देवनी पंचायतों में जनसम्पर्क अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी और लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल का आरोप लगाया इधर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कृमार ध्रमल ने कल हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनाव जनसभाओं को संबोधित किया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

कैबिनेट से हटाए जाएंगे अनिल शर्मा शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है सीएम ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान से की विस्तार पर चर्चा दैनिक जागरण के शब्द हैं फिलहाल सीधी कार्रवाई से बचे अनिल शर्मा जबकि पंजाब केसरी का कहना है मंत्री अनिल शर्मा की कुर्सी खतरे में अमर उजाला की एक खबर है टिकट मिला नहीं काजल का रोड शो तय दैनिक जागरण के अनुसार हमीरपुर का पेंच बरकरार कांगड़ा में मुहूर्त का इंतज़ार दिव्य हिमाचल का कहना है कांग्रेस नेता पसोपेश में कार्यकर्ता असमंजस में वहीं आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है हिमाचल में चारों सीटों पर कांग्रेस टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता आय से अधिक संपत्ति मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है वीरभद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं मामले की सुनवाई से हटे जज एएम सप्रे रिटायरमेंट के दो दिन बाद सेवा विस्तार शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर केहर सिंह ठाकुर को सरकार का तोहफा दैनिक भास्कर की एक खबर है आज से हिमाचल की नदियों को प्रदूषित करने वाले पर लगेगा एक लाख रूपए जुर्माना कांगड़ा के इंदौरा में पानी की टंकी में मिले मां बेटे के शव क्षेत्र में तनाव संबंधी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है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

नमस्कार